इसी तरह नकदी समायोजन सुविधा एल ए एफ के तहत रिवर्स रेपो दर साढे पांच प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसेलिटी एमएसएफ और बैंक दर छह प्रतिशत कर दी गई है बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति के इन फैसलों का उद्देश्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में चार प्रतिशत वृद्धि को दो प्रतिशत अधिक या कम रखने का मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त करना है

इस अवसर पर पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि भारत उन नौ देशों में शामिल हैं जिनके वन क्षेत्र एक प्रतिशत तक बढ़े हैं

सोमवार को दोपहर बाद असम में जोरहाट से उड़ान भरने के बाद यह विमान अरूणाचल प्रदेश में कहीं लापता हो गया था

उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निपाह वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

इस मौके पर प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है राजसमंद में प्रताप जयंती पर आज से खमनोर हल्दीघाटी में तीन दिन का मेला शुरू हुआ

इस अवसर पर शोभायात्रा निकाली गई इससे पहले आज सुबह रक्त तलाई में शहीद स्मारकों पर पुष्पाजलि दी गई जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में पुष्पाजलि कायकम हुआजिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने यूवाओं से महाराणा प्रताप के जीवन से सीख लेने का आहवान किया उदयपुर में महाराणा प्रताप की जयंती पर आज मुख्य मार्गो से शोभायात्रा निकाली गई

जालौर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया प्रतापगढ में विभिन्न संगठनों की ओर से वाहन रैली निकाली गयी बूंदी जिले के कापरेन में गढ पैलेस में शौर्य यात्रा निकाली गई नागौर जिले के डीडवाना में रैली के साथ ही समारोह का आयोजन किया गया डूंगरपुर में महाराणा प्रताप चौक पर स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीर योद्वा महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस स्वाभिमान और वीरता का प्रतीक है जो देश के हर नागरिक को प्रेरित करता रहेगा

श्री धारीवाल ने द्रव्यवती नदी परियोजना का दौरा करके वहां हुए कार्यों का निरीक्षण करने के बाद कहा कि कानूनी अड़चनों भूमि और काश्तकारों की समस्याओं की वजह से परियोजना में देरी हुई है उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा

बाकी राशि लेते हुए आज ब्यूरो ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया